उन्होंने कहा कि इस मामले पर वरिष्ठ मंत्री नाबम रिबिया के नेतृत्व में बनी संयुक्त उच्चाधिकार समिति ने कुछ सिफारिशों की हैं लेकिन इस मामले पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर सभी संबंद्ध पंक्षों से और बातचीत करेगी मुख्यमंत्री ने कल की हिंसक घटनाओं में कुछ नागरिकों और पुलिसकर्मियों के घायल होने और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने या आग लगाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अर्धसैनिक बल तैनात कर दिये गए हैं उन्होंन एक बार फिर कानून और व्यवस्था बनाए रखने मे सहयोग की अपील की केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू से बातचीत की और राज्य के कुछ हिस्सों में चल रहे विरोधों की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली उन्होंने राज्य के निवासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की

उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून को अपने हाथ में न लेने की भी अपील की है राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त ने आज दोपहर तीन बजे से सोमवार की सुबह तक पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित कर दिया है इस दौरान राजधानी क्षेत्रों में नागरिकों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है हालाकि सुरक्षाबलों मजिस्ट्रेट एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाएं जो कर्फ्यू के दौरान भी जारी रहेंगी जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में ईटानगर राजधानी क्षेत्र में आर्म्स दाव सहित किसी भी तरह के घातक हथियारों को लेकर चलने पर रोक लगा दिया है असम में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या नवासी हो गई है गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कआ है कि गोलाघाट में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं दूसरी और जोरहाट में भी कुछ लोगों की मौत हुई है गोलाघाट के उपायुक्त ने कहा है कि कई लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है और कुछ को अस्पताल में भर्ती किया गया है मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुवाहाटी में आपात बैठक की और दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए दोनों जिलों में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों का दौरा किया गोलाघाट में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा नकली शराब के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है स्थिति पर नजर रखने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारी जोरहाट और गोलाघाट में डेरा डाले हुए है

जिला प्रशासन द्वारा राज्य स्थापना दिवस के तहत मीडिया प्लेटफॉर्म के रुप में आयोजित किए गए वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने युवाओं में ईमानदारी मानवीयता और मानव सम्मान की भावना विकसित करने पर जोर दिया उन्होंने जीवन में सफलता के लिए दृड़ निश्चय का भी सुझाव दिया राज्यपाल ने मादक पदार्थों और शराब के सेवन के खिलाफ युवाओं को सचेत किया उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए पढ़ने की संकीर्ण विचारों से बचने को कहा राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को उद्यमिता विकास की भावना को पैदा कर रोजगार प्रदाता बनना चाहिए राज्य विधान सभा में तीन हजार चार सौ पचपन करोड़ अड़तालीस लाख रुपये का लेखानुदान को पारित कर दिया है वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आगामी एक अप्रैल से ईकतीस जुलाई तक चार महीनों के लिए विधानसभा में लेखानुदान को पेश किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवानी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिरपनवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा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

आज का अधिकतम तापमान ईक्कीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्रह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया